केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में वृद्धि को दी मंजूरी

अमित शाह देश के नए गृह मंत्री बनाए गए हैं वहीं राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारामन को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभालेंगे प्रकाश जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ ही वन और पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे वहीं छत्तीसगढ़ से सांसद रेणुका सिंह सरुता को जनजातीय मामले का राज्यमंत्री बनाया गया है नितिन गडकरी को सड़क परिवहन राजमार्ग सूक्ष्म लघ् और मझौले उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है पीयूष गोयल को रेल वाणिज्य और उद्योग रविशंकर प्रसाद को विधि न्याय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास और पंचायत रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है वहीं स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास और वस्त्र डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान डीवी सदानंद गौड़ा को रसायन और उवर्रक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है रामविलास पासवान को खाद्य उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय और अधिकारिता अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामले धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय की जवाबदारी सोंपी गई है मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य कोयला और खनन डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय को कौशल विकास और उद्यमिता अरविंद गणपति सावंत को भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम गिरिराज सिंह को पशुपालन डेयरी तथा मत्स्य पालन और गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है

इसके अलावा चौबीस राज्य मंत्रियों को भी उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है गौरतलब है कि कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अंठावन सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी इनमें चौबीस कैबिनेट मंत्री नौ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री और चौबीस राज्यमंत्री बनाए गए हैं मंत्रिमंडल में छह महिलाएं शामिल हैं कैबिनेट बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में वृद्धि को मंजूरी दी है उन्होंने छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि प्रति माह दो हजार रूपये से बढ़ाकर ढाई हजार रूपये और लड़कियों की छात्रवृत्ति दो हजार दो सौ पचास रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रति माह कर दी है इस छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आतंकी और माओवादी हमलों में शहीद होने वाले राज्य पुलिस के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है प्रति वर्ष राज्य पुलिस के पांच सौ बच्चों को इस छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा कोष के अन्तर्गत सशस्त्र बलों अर्द्व सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के शहीद कर्मियों या पूर्व सैनिकों की विधवाओं और पुत्र पुत्रियों के बीच तकनीकी और स्नातकोत्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर के सर्किट हाउस में माओवाद प्रभावित परिवारों से मुलाकात की इस दौरान श्री बघेल माओवाद प्रभावित पांच व्यक्तियों के परिजनों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा जिनके परिजन माओवादी हमले में मारे गए थे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संभाग भर से आए माओवाद प्रभावितों से चर्चा की और उनकी समस्याएं जानीं श्री बघेल ने पीड़ितो से चर्चा के बाद माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगारमूलक कार्य उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर में नवनिर्मित पुलिस के लिए बनाए गए आधुनिक जिम का उद्घाटन किया साथ ही पुलिस विभाग द्वारा बनाए जा रहे शहीद स्मारक स्थल के मॉडल का भी अवलोकन किया यह स्मारक करीब एक सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से बनेगा इसका निर्माण शहर के आमागुड़ा चौक के पास किया जाएगा जिसमें शहीदों के नामों का उल्लेख होगा मुख्यमंत्री बीजापुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर जिले के भोपालपट्नम में अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड और कागज कारखाना बनाने की घोषणा की है अपने बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री आज बीजापुर पहुंचे इस दौरान आयोजित संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेरह दिसंबर दो हजार पांच के पूर्व काबिज जमीन पर वन जनसभा को अधिकार पट्टा वन समिति की मुहर से दिया जाएगा गौरतलब है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भोपालपट्नम पहुंचे थे

जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून उनके लिए बना है जो हजारों सालों से वनों की रक्षा कर रहे हैं श्री बघेल ने कहा कि बड़े पैमाने पर वन अधिकार पत्रों को निरस्त किया गया है जिसकी समीक्षा की जरूरत है उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं में इसका परीक्षण किया जाएगा उन्होंने कहा कि सबसे पहले सामुदायिक वन अधिकार के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा श्री बघेल ने कहा कि वनवासियों को वन अधिकार मान्यता पत्र देने के साथ ही गांव और वनों में ऐसी गतिविधियां संचालित की जाएं जिससे वनवासियों को लाभ मिले इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जल जंगल जमीन के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए उन्होंने कहा कि पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जाएंगे और विधानसभा में पारित कराकर इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा वहीं आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वन अधिकार पत्र अधिनियम की जानकारी देने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए तम्बाकूरोधी दिवस आज विश्व तम्बाकूरोधी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में तम्बाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य तम्बाकू के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव और कैंसर के लिए जिम्मेदार तम्बाकू उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को तम्बाक के दृष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए राज्य स्तरीय चित्रकला निबंध लेखन और वाद विवाद सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं रायपुर स्थित पत्र सूचना कार्यालय में तम्बाकू और इससे संबंधित पदार्थ से दूर रहने की शपथ ली गई गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों गैर संचारी रोग रोकथाम और उपचार माह भी मनाया जा रहा है जो आगामी पंद्रह जून तक चलेगा थल सेना भर्ती रैली छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कल से दस जून तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है यह रैली बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में होगी थल सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अनुसार थल सेना में लगभग पांच सौ से छह सौ पदों के लिए भर्ती की जाएगी उम्मीदवार चाहे देश के किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो लेकिन यदि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो वह भर्ती रैली में शामिल हो सकता है कांग्रेस बैठक कल एक जून को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी वहीं दो जून को प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी लोकसभा प्रत्याशियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी